केन्द्रीय वित्तराज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की हमीरपुर बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में कोरोना महामारी की समीक्षा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन लगाने का काम तेज करने की मांग की और कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित नही होंगी गैर कोविड स्वास्थ्य सेवाएं कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें और अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने लोकसंपर्क विभाग के अधिकारियों से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार के लिए आधुनिक तकनीकों और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग पर बल दिया है आज सूचना व जनसंपर्क विभाग की बैठक की वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अध्यक्षता करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग के अधिकारियों को नवाचार सोच को अपनाना चाहिए उन्होंने अधिकारियों को मीडिया कर्मियों के साथ व्यक्तिगत संपर्क बनाने को भी कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अलग अलग खबरें तैयार करने की योजना बनाई जानी चाहिए ताकि सरकारी योजनाओं को व्यापक कवरेज मिल सके जयराम ठाकुर ने महामारी के दौरान मीडिया की ओर से पूछे जाने वाले प्रश्नों के जबाव के लिए बेहतर तंत्र विकसित करने को भी कहा ओपीडी इस बीच मुख्यमंत्री ने आज आईजीएमसी शिमला का दौरा कर यहां निर्माणधीन नई ओपीडी की प्रगति की जानकारी हासिल की इस ओपीडी का उपयोग कोरोना मरीजों के ईलाज के लिए किया जाएगा

जयराम ठाकुर ने कहा कि ट्रामा वार्ड का कार्य भी पूरा होने वाला है और विपरीत परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल भी कोरोना मरीजों के ईलाज के लिए किया जा सकता है मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से इस महामारी से लड़ने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया अनुराग केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से हमीरपुर बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में कोरोना महामारी की समीक्षा की उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार एक जुट होकर प्रयास कर रही है और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है अनुराग ठाकुर ने आयुर्वेद अस्पताल हमीरपुर में स्थापित किए जा रहे ऑक्सीजन के प्लांट के कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने आश्वासन किया कि कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार हरसंभव सहायता प्रदान करेगी वित्त राज्य मंत्री ने टेली मेडिसन केंद्रों की उपयोगिता बढ़ाने पर भी जोर दिया उन्होंने होम आईसोलशन में रह रहे कोरोना रोगियों का मनोबल बनाये रखने के लिए उनसे नियमित संपर्क स्थापित करने को भी कहा निरीक्षण प्रदेश पुलिस की उत्तरी रेंज की डीआईजी सुमेधा द्विवेदी ने आज चंबा जिला के जम्मू और पंजाब से लगे क्षेत्रों का दौरा किया इस दौरान उन्होंने इंटरस्टेट बैरियर पर कोरोना कर्फ्यू के दृष्टिगत की गई व्यवस्थाओं को जायजा लिया और पुलिस अधीकारियों और कर्मचारियों को ड़्ियुटी के दौरान सभी सावधानियों बरतने को कहा सुमिधा द्विवेदी ने बाद में वर्चुअल माध्यम से चंबा के पत्रकारों के साथ भी संवाद किया और कोरोना कर्फ्यू लागू करने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गऐ कदमों की जानकारी दी उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के नियमों को पुलिस सख्ती से लागू करेगी और नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी मधुसूदन इधर पुलिस की सैन्ट्रल रेंज के डीआईजी मधुसूदन शर्मा ने आज मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोगों से बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पुलिस कल से निगरानी और नाकेबंदी बढ़ाएगी उन्होंने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि वह लोगों से नरमी से पेश आएं मधुसूदन शर्मा ने बताया कि पुलिस शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सख्ती बरतेगी और लोगों को कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने के लिए प्रेरित करेगी कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए वैक्सीनेशन का कार्य तेज़ करने की मांग की है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की ओर से लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि सरकार वैक्सीन का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक अपने पास रखें ताकि अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा सके पार्टी ने प्रदेश में कोरोना के सामुदायिक फैलाव पर भी चिंता जताई और कोरोना टैस्टिंग की रिपोर्ट जल्द से जल्द देने के लिए कदम उठाने की मांग की पार्टी ने मुख्यमंत्री से राज्य के अस्पतालों में कोरोना से लड़ने के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने पर भी जोर देने को कहा पत्र में कहा गया है कि सरकार केन्द्र से हिमाचल के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की भी मांग करें ताकि आम लोगों को कुछ राहत मिल सके स्वास्थ्य मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक निपुण जिंदल ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान मातू नवजात और बच्चों की देखभाल डायलिसिस क्षयरोग एचआईवी और स्वैच्छिक रक्तदान जैसी गैर कोरोना स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी मरीज़ की कोरोना नैगेटिव रिपोर्ट आने के इंतजार में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में देर न करें निपुण जिंदल ने कहा कि अस्पताल में मरीज़ को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने का कोई भी मामला पाया जाता है तो संबंधित डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

रेलवे के फिरोजपुर के डीआरएम राजेश अग्रवाल ने बताया कि रेलवे ने प्रदेश सरकार के आग्रह पर ये परिचालन बंद किया है प्रदेश सरकार ने कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि को रोकने के लिए राज्य में परिवहन सेवाओं को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है